मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्रो नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे

इस विकास परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की अश्वारोही प्रतिमा स्थापित की जाएगी और साथ ही चितौरा झील के आसपास केफ़ेटेरिया अतिथि गृह और चिल्ड्रन पार्क जैसी सूविधाएं विकसित की जायेंगी महाराजा सुहेलदेव को देश के प्रति उनकी सेवाओं और समर्पण के लिए याद किया जाता है वे हमेशा से ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं यह स्मारक स्थल पर्यटन के नजरिये से भी काफो फायदेमंद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतोय और प्रान्तीय सिविल सेवाओं सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर अभ्युदय योजना की शुरूआत की इस दौरान श्री योगी ने योजना में पंजीकृत अभ्यर्थियों से वर्चुअल और साक्षात संवाद करते हुए कहा कि अभ्युदय योजना को प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को समर्पित करते हुए उन्हें आनन्द की अनुभूति हो रही है इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है

इस योजना के तहत पांच लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है और पहले चरण के लिये पचास हजार अभ्यर्थियों को कोचिंग के लिये चयनित किया गया है

जिनका बाद में जिला मुख्यालयों तक विस्तार किया जायेगा मऊ स दिल्ली आनन्द विहार के बीच विशेष रेलगाडो की शुरूआत की गई है यह ट्रेन सप्ताह में दो बार चलेगी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि पूर्वांचल के लोग लंबे समय से इस ट्रेन की मांग कर रहे थे

इस ट्रेन के संचलन से मऊ औड़िहार और जौनपुर इलाके के नागरिकों को दिल्ली जाने के लिये न सिर्फ एक अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिलेगी बल्कि मऊ और आसपास के क्षेत्र के वस्तु उत्पादों को महानगरों में भेजने में आसानी होगी रेलमंत्री ने यह भी कहा कि रेलवे की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिय व्यापक कदम उठाये गये हैं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

राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के सभी लेन आज आधी रात से फास्टैग लेन घोषित हो जायेंगे

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि शुल्क का भुगतान डिजिटल मोड में करने को बढ़ावा देने प्रतीक्षा समय और ईधन खर्च कम करने तथा टोल प्लाजा के जरिये निर्बाध यात्रा जारी रखने के लिए यह कदम उठाया गया है टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में फास्टैग न होने पर प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए लागू शुल्क का दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा मंत्रालय ने इस साल पहली जनवरी से एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था प्रदेश में सभी डिग्री कॉलेज राजकीय और निजी विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान आज से सामान्य रूप से खुल गये हैं उच्च शिक्षा विभाग ने एक पत्र में सभी निजी और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा निदेशकों से कहा है कि वह आज से सामान्य कार्य शुरू कर दें

ब्यौरा हमारे संवाददाता से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अध्यापकों और छात्रों सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा

सभी संस्थानों को अपनी कक्षाओं को विसंक्रमित करने और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी अगर किसी छात्र अध्यापक या कर्मचारी में खांसी जुकाम या ब्रुखार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें संस्था में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया जनवरी म मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न बसंत पंचमी पर प्रदेशवासियों और माघ मेले में आये श्रद्वालुओं को बधाई तथा शुभकामनाएं दी अपने बधाई संदेश में श्री योगी ने कहा कि देश भर में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है यह दोनों पर्व भारतीय संस्कृति के गौरव और समृद्धि का प्रतीक है उन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा धर्म अध्यात्म संस्कृति ज्ञान विज्ञान कला और साहित्य के क्षेत्रा में चिंतन और साधना से मानव ने जो स्थान हासिल किया है उसके लिये ईश्वर के प्रति आभार जताने का आयोजन है विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी बसंत पंचमी पर्व एवं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राजा सुहेलदेव के जन्म दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है

इनमें नौ शव तपोवन की सुरंग से और सात रैणी गांव से मिले हैं

समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम सिंह यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने और सत्तारूढ़ भाजपा से साठगांठ करने के आरोप में पार्टी से छह साल के लिये निष्कासित कर दिया है यह जानकारी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी है

असदुल्लाह खां ग़ालिब की शायरी करीब डेढ़ सौ बरस गुजर जाने के बावजूद आज भी प्रासंगिक है उनकी शायरी की विशेषता यह है कि उनके शब्दों में कई कई अथ निकलते हैं उर्दू साहित्य में उनके पत्रों पर आधारित संग्रह खुतूत ए ग़ालिब को विशेष स्थान हासिल है उनकी ग़जलों को भारत और उप महाद्वीप के जाने माने गायक गायिकाओं ने आवाज देकर शोहरत हासिल की है इन गायिकाओं में स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर भी शामिल है